प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात से देश विदेश के लोगों से अपने विचार सांझा करेंगे

हरियाणा में आज अष्टमी व नवमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया केन्द्र सरकार ने कहा कि उसने प्याज के दामों में कमी लाने और देश में प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं उपभोक्ता मामलों की सविच लीला नंदन नेकहा कि सरकार ने प्याज के भंडारा की सीमा निश्चित की है

मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा आकाशवाणी पर कार्यक्रम के हिन्दी प्रसारण के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी सुना जा सकेगा

उप मुख्यमंत्री ने जींद में आयोजित कार्यक्रममें संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्र तथा महिलाओं के विकास एवं उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है

उन्होंने कहा कि पंचायतों की आय बढाने के लिए भी राज्य सरकार प्रयास कर रही है

भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वह होशियारपुर में दुष्कर्म पीड़ित बच्ची के परिवार को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा की वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि न्याय समयबद्व ढंग से मिले उन्होंने ये भी कहा कि दुष्कर्म की किसी भी घटना का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यवस्था ठीक ढंग से काम करे और दुष्कर्म के मामले में बिना देरी किए न्याय किया जाये उन्होंने कहा कि कुछ दल अलग अलग राज्यों में हुए दुष्कर्म के मामलों में अलग अलग तरह से आवाज उठाते हैं कुछ मामलों में मुखर विरोध और कुछ अन्य में मौन का सहारा लेते हैं

हरियाणा में आज अष्टमी व नवमी पर श्रद्वालुओं ने श्रद्वा सहित मंदिरों में माथा टेका तथा कन्या प्रजन किया कोरोना महामारी के चलते मंदिरों में उचित प्रबंध भी किए गए साथ ही श्रद्दालुओं ने भी नियमों का उचित पालन किया अम्बाला शहर के प्राचीन अंबिका देवी मंदिर तथा अंबाला छावनी के हाथी खाना मंदिर सनातन धर्म मंदिर मुलाना के माता बाला सुंदरी मंदिर में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए श्रद्वालुओं ने माथा टेका प्रबंधकों द्वारा सैनीटाईजर के साथ सुरक्षा के भी प्रबंध किए गए फरीदाबाद में आज मंदिरों के साथ घर घर में अष्टमी एवं नवमी पर सार्वजनिक तौर पर यज्ञ का आयोजन किया गया वहीं घरों में अच्छे स्वास्थ्य व स्मुद्धि के लिए पूजा भी की गई छोटी छोटी कंजक रूपी कन्याएं सुबह से ही घरों में दिखाई दी हालांकि सभी ने इस कोरोना काल में मास्क पहने रखा व सामाजिक दूरी का पालन किया उधर यमुनानगर में भी आज अष्टमी नवमी मनाई गई इस मौके पर जिले के प्राचीन देवी मंदिर आदि बद्री प्राचीन श्री देवी भवन मंदिर जगाधरी प्राचीन श्री संतोषी मां मंदिर जगाधरी प्राचीन श्री शेरांवाली मां मंदिर छछरोली प्राचीन श्री जंगलांवाली माता मंदिर यमुनानगर में श्रद्धालुओं ने सामाजिक दूरी का ख्याल रख माता के दर्शन किए व कंजक पूजन किया हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य व मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने प्रदेशवासियों को दशहरा पर्व की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं आज दशहरे की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि इस दिन भगवान श्री राम ने अहंकारी व दुराचारी रावण का वध करके धरती को मुक्ति दिलाई थी

दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि दशहरा बुलाई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है इसलिए सभी बुरी ताकतों को समाप्त करने के लिए लोगों को इस त्यौहार को प्रेमभाव से मनाना चाहिए उन्होंने कामना की कि ये त्यौहार हर प्रदेशवासी के जीवन में शांति खुशहाली व स्मृद्धि लेकर आए फरीदाबाद दशहरा कमिटी ने शहर में इस बार दशहरा पर्व पर रावण दहन कार्यक्रम न करने का फैसला लिया है

उधर अंबाला के उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने विजय दशमी व आने वाले त्यौहारों पर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने का आहवान किया है केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि उनकी पार्टी बाबा साहेब डॉ भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा व सिद्धांतों को आगे बढाते हुए गरीब एवं असहाय व्यक्ति की मदद के लिए प्रतिबद्ध है

अठावले भिवानी में अपने दौरे के दौरान पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे